उन्होंने कहा कि केरल में कोरोना वायरस यानी कोविड से संक्रमित तीन लोगों की हालत स्थिर है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य मंत्रालय स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं और सभी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है और हवाई अड्डों पर जांच की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है उन्होंने बताया कि भारत चीन को कोविड से निपटने के लिए उसे मानवीय आधार पर चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामान भेज रहा है

ऊर्जा मित्रों के कामकाज की निगरानी का जिम्मा संबंधित क्षेत्र के कनीय विद्युत अभियंताओं को सौंपा गया है निगम की ओर से बताया गया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में हर घर में बिजली मीटर लगाने का कार्य चल रहा है इसलिए मीटर रिडिंग के बाद ही बिजली बिल बनाया जायेगा इसके अलावा दो महीने से ज्यादा बिजली बिल बकाया रखनेवालों और सरकारी भवनों के बकाये बिजली बिल को लेकर जल्द ही नोटिस जारी की जायेगी महिला और बच्चों की ट्रैफिकिंग पर निगरानी और नियंत्रण के लिए रांची के समाहरणालय में स्टेट रिसोर्स सेंटर खोला गया है यह सेंटर चौबीस घंटे और सातों दिन काम करेगा

इस सेंटर के माध्यम से महानगरों और दूसरे षहरों में मानव तसकरी के पीड़ितों की मदद और उनके पुनर्वास का कार्य किया जायेगा इसके लिए एक टीम बनायी गयी है जो स्थानीय पुलिस की मदद से ट्रैफिकिंग की षिकार महिलाओं और बच्चों को रेस्क्यू करेगी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि आषीर्वाद योजना और डोभा निर्माण की जांच करायी जायेगी उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं में काफी गड़बड़ी की बात सामने आयी है कृषि आषीर्वाद योजना का लाभ किसानों की बजाय बिचौलियों ने उठा लिया और सिर्फ कागज पर ही कई डोभा बना लिये गये सरकार इन दोनों योजनाओं की जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी राज्य के लगभग पच्चीस लाख पचपन हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना से जोड़ा जा चुका है इन किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्मयम से पचास करोड़ रुपये से ज्यादा की राषि डाली जा चुकी है रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा लोकसभा में किये सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है पिछले साल आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के चालीस जवान शहीद हो गए थे उन्होंने कहा कि इन जवानों ने अपनी देश की सम्प्रभुता और एकता की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन शहीदों को श्रद्वाजलि देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश उनका बलिदान कभी नहीं भूलेगा

राज्य के सभी जिलों के एक एक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई षुरू की जायेगी इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की योग्यता रखनेवाले षिक्षकों की भी नियुक्ति की जायेगी स्कूली षिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूलों को चयनित किये जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है इन स्कूलों में नामांकन के लिए झारखंड अधिविध परिषद जैक द्वारा प्रवेष परीक्षा लिये जाने का भी प्रस्ताव हैं गौरतलब है कि राज्य में दो सौ तीन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हैं जहां कक्षा छह से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई होती है उधर जैक द्वारा ली जानेवाली मध्यमा और वस्तुनिया से मौलवी परीक्षा दो हजार बीस के लिए विद्यार्थी पंजीयन और परीक्षा फार्म सात मार्च तक ऑनलाइन भर सकेंगे चाईबासा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लगभग तीन सौ छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की षिकार हो गई हैं बीती रात इन छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल में ही उनका इलाज किया गया जबकि पचास के लगभग छात्राओं को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि इन सभी छात्राओं की हालत खतरे के बाहर है रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र स्थित लालगंज बाजार से पुलिस ने एक युवक को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है उसकी निषानदेही पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक मेकान से जाली नोट छापने की एक प्रिंटर मषीन और दो सौ रुपये के नकली नोट भी पुलिस ने बरामद किया है राजधानी रांची में कल से तीसरी इंटरनेषनल और सातवीं नेषनल रेस वॉक चैंपियनषिप का आयोजन होगा दो दिनों तक चलनेवाली इस चैंपियनषिप में भारत समेत चार देषों के एक सौ पचास एथलीट समेत लगभग सतर तकनीकी पदाधिकारी षामिल होंगे इस चैंपियनषिप में पचास बीस और दस किलोमीटर के इवेंट होंगे पचास किलोमीटर के इवेंट में सिर्फ प्रुष एथलीट ही भाग ले सकेंगे इस चैंपियनषिप के आधार पर ही ओलिंपिक के लिए खिलाड़ी क्वालीफाई करेंगे कटक में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी में ओड़िषा के खिलाफ आज तीसरे दिन अब से कुछ देर पहले तक झारखंड ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर एक सौ संतानबे रन बना लिये हैं झारखंड के लिए कुमार सूरज ने एक सौ सात रनों की पारी खेली इससे पहले ओड़िषा ने अपनी पहली पारी में चार सौ छत्तीस रन बनाये हैं

समाप्त